मुख्यमंत्री दिल्ली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की श्री चौहान ने मुलाकात के दौरान मध्यप्रदेश में किसानों को उनके उत्पाद का उचित दाम दिलाने के लिए चलायी जा रही भावांतर भुगतान योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री जेटली से आग्रह किया कि भावांतर मुगतान योजना का लाभ रबी की फसलों को भी दिया जाय

कलेक्टर तरूण राठी ने इस खरीदी को लेकर अधिकारियों की एक बैठक ली जिसमें निर्देश दिए गए कि जिले में बनाए गए उपार्जन केन्द्रों पर किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो यह सुनिश्चित किया जाए उन्होंने निर्देश दिए कि उपार्जन केन्द्रों पर गेहूं तोलने के लिए लगाए गए तौल कांटो की नापतौल विमाग द्वारा जांच कराई जाए

शहीद दिवस महान कांतिकारी भगत सिंह सुखदेव और राजगुरू के शहादत दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर इन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद दिवस पर कहा कि इन तीनों कांतिकारियों का जीवन युवा पीढियों को राष्ट्रसेवा के लिये प्रेरित करता रहेगा भोपाल में शहादत दिवस पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तत्वावधान में श्रद्वांजलि सभा आयोजित की गयी सामूहिक त्यागपत्र सीहोर जिले के बुधनी स्थित रेहटी की नगर परिषद के पांच भाजपा पार्षदों ने कलेक्टर को सामूहिक त्यागपत्र सौंप दिए सभी पार्षदों ने परिषद के कायोँ में अध्यक्ष के पति पर अनावश्यक हस्तक्षेप और निर्माण कार्यों में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है उनका आरोप है कि अध्यक्ष पति ने अन्य अधिकारियों के साथ मिलीमगत कर खरीदी और निर्माण कार्यों में म्रष्टाचार किया है

मंत्री रामपाल लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह की बहू प्रीति रघुवंशी की आत्महत्या के मामले में उसके परिजन के बयान राजघानी भोपाल के महिला थाने में दर्ज किए गए बयान दर्ज कराने के लिए रायसेन की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उदयपुरा के पुलिस अनुविभागीय अधिकारी एसडीओपी को राजधानी भोपाल बुलाया गया था महिला थाने में कल रात नौ बजे के बाद प्रीति के परिजन के बयान दर्ज हुए और इसकी वीडियोग्राफी कराई गई छापा इंदौर और मिंड जिले में आज एक व्यापारिक समूह के विभिन्न परिसरों पर आयकर विमाग के दस्ते ने छापेमार कार्रवाई की समूह से जुड़े एक मेडिकल कॉलेज एक वॉटर पार्क और एक होटल पर छापेमार कार्रवाई की गई है इसके अलावा समूह के मालिक के भिंड स्थित पैतृक मकान को भी कार्रवाई की जद में लिया गया है बताया जा रहा है कि समूह में उच्च पद पर नियुक्त एक अन्य अधिकारी को भी कार्रवाई की जद में शामिल किया गया है

इस दौरान वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ को स्मार्ट फोन और युवतियों को पिंक ड्राइविंग लाइसेंस भी वितरित करेंगी

कैदी की हालत गंभीर बतायी जा रही है